लोकसभा चुनाव के आखिरी दो चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज कल से कई दिग्गज नेताओं की सभायें

आईपीएल किकेट के पहले प्ले ऑफ में आज चैन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इण्डियंस से

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह अपना निर्णय बदलना नहीं चाहते

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के प्रचार अभियान में लगातार तेजी आ रही है इन चरणों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज जनसभाएं की

इस चरण में कुल एक सौ अड़तीस उम्मीदवार मैदान में हैं इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और विवेक शेजवलकर शामिल हैं चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उज्जैन जिले के महिदपुर और बड़नगर में चुनावी सभायें की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भिंड संसदीय क्षेत्र के अटेर लहार और सेवढा में जनसभाओं को संबोधित किया वे आज ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विवेक शेजवलकर के समर्थन में भी रोडशो करेंगे इस दौरान केंद्रीय मंत्री और मुरैना से भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे वहीं कल कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे भिंड में दोपहर दो बजे मुरैना में चार बजे और ग्वालियर में छह बजे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन सभाओं में मौजूद रहेंगे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरैना के अंबाह में कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी सागर जिले के बीना में प्रचार करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कल आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर पहंचेंगे यहां वे राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी के समर्थन में सभा लेंगे

भाजपा के लोकसभा क्षेत्र संयोजक देवेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है भुजबल राष्ट्रवादीकांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल लोकसभा सीट से अनुभवी और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर काम करने वाले कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह के खिलाफ मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारकर उचित कदम नहीं उठाया उन्होंने कहा कि प्रज्ञा सिंह अभी भी जमानत पर चल रही हैं और उन पर हत्या के अन्य मामलों में भी लिप्त होने का संदेह है कर्जमाफी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी राजनीतिक दलों का प्रमुख मुददा बन गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रदेश के इक्कीस लाख किसानों के खाते में कर्जमाफी का पैसा जमा कर दिया गया है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कर्जमाफी को लेकर भ्रम फैला रही है इससे पहले आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहॅचकर उन्हें हितग्राहियों की सूची सौंपी उधर श्री चौहान ने कहा है कि कर्जमाफी को लेकर मुझे नहीं किसानों को संतुष्ट करने की जरूरत है उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था लेकिन बैंकों में राशि पहॅची ही नहीं

जब सरकार बैंकों में ही पैसा नहीं भेजेगी तो कर्जा कैसे माफ होगा

इस अंक में गुना शिवपुरी ग्वालियर और सागर लोकसभा सीटों की जानकारी यहां के अहम मुद्दों पर मतदाताओं से बात और निर्वाचन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी शामिल होगी चित्र प्रदर्शनी रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय भोपाल ने आज मतदाता जागरुकता पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया प्रदर्शनी में उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर अब तक के चुनाव से जुड़ी दुर्लभ और दिलचस्प चित्रों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्यप्रदेश माध्यम को संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह ने किया श्री सिंह ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरुकता जरूरी है इस अवसर पर दूरदर्शन समाचार भोपाल की उपनिदेशक पूजा पी वर्धन आउटरीच ब्यूरो के प्रमुख मध् आर शेखर और पीआईबी के उपनिदेशक अखिल नामदेव ने मतदाता जागरुकता पर अपने विचार रखे

अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारो में खासी रौनक देखी गई आज लोगों ने जमकर खरीदारी की इस अवसर पर कई स्थानों पर विवाह समारोह आयोजित किये जा रहे हैं कई संगठनों द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन भी किये गये हैं शिवपुरी में मांझी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सत्तावन जोड़े परिणयसूत्र में बंधे अक्षय तृतीया के ॅअवसर पर कई स्थानों पर मतदाताओं को मतदान की भी शपथ दिलाई गई अशोकनगर में आज सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया खण्डवा में वर वधू को मतदान की शपथ दिलाई गई परशुराम जयती के अवसर पर प्रदेश भर में आज कई चल समारोह निकाले जा रहे हैं आगर मालवा में ब्राम्हण समाज द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई

इसका उद्देश्य दमा रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे विश्व में अस्थमा से पीड़ित लोगों के जीवन में बेहतरी लाना है यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है

प्रदेशभर में आज विश्व अस्थमा दिवस पर कई जागरुकता और परीक्षण शिविर आयोजित किये गये आईपीएल आईपीएल किकेट के पहले प्ले ऑफ में आज चैन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इण्डियंस से होगा ये मैच रात आठ बजे चैन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जायेगा इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फायनल में पहुंच जायेगी मौसम प्रदेश के ज्यादातर हिस्सो में भीषण गर्मी का असर है आज प्रदेश का सबसे गर्म जिला खजुराहो रहा यहां अधिकतम तापमान चवालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया रीवा सागर और उज्जैन संभाग में गर्मी का असर सामान्य से अधिक रहा हमारे खण्डवा संवाददाता ने बताया है कि यहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रहा आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम में ज्यादा परिवर्तन के आसार नहीं है